् भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण अस्पताल में भर्ती करने और इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता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

कोविन पोर्टल के शाम चार बजे तक के आंकड़ो के अनुसार इस आयु वर्ग में महाराष्ट्र दूसरे गुजरात तीसरे और उतरप्रदेश चौथे स्थान पर है

अब तक दो करोड़ चार लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं

बांरा जिले में भी विभिन्न संगठनों स्वयंसेवी संस्थाओं समाजसेवियों और भामाशाहों की ओर से चिकित्सा उपकरणों की मदद दी जा रही है इसी क्रम में विश फाउण्डेशन की ओर से कल चिकित्सा विभाग को पांच ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर दिए गए बांरा सीएमएचओ ने बताया कि महामारी की इस दूसरी लहर में विभिन्न संगठन चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ मास्क सैनेटाइजर और दवाईयों की भी मदद कर रहे है

सीकर में भी एक निजी सोसाइटी की ओर से फेस मास्क और ग्ल्वस की एक हजार मेडिकल किट जिला कलेक्टर को सौंपी गई बीकानेर फाउण्डेशन और श्याम रूकमणी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से घर में ही ईलाज ले रहे कोविड मरीजों को चिकित्सक की सलाह और प्राथमिकता के आधार पर पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर उपलब्ध कराए जाएंगे बीकानेर जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं का इस तरह आगे आना दूसरों के लिए अनुकरणीय है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

प्रधानमंत्री ने कल कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में आरटी पीसीआर और रेपिड एंटीजन जांच बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढाने पर बल दिया

प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इंकार किया जा रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इंकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है आवश्यक सेवाएं देने में इंकार करने के लिए आधार कार्ड का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए

आरयूएएचएस के अधीक्षक डॉ अजीत सिंह ने बताया कि आक्सीजन का दबाव सामान्य था

विशेष रूप से उदयपुर कोटा और जोधपुर संभाग के कई जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है इधर चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है सभी तटवर्ती राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष की पहली किश्त जारी कर दी गई है